जनता की कठिनाई कम करने के लिए क्छ और गतिविधियों की अन्मति दी गई है

दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अन्मति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजद्र उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर निगम के बाहर से मजद्र ब्लाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य श्रू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अन्मति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीडीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलैंक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी स्रक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अन्मति दी गई है

केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय ख्ले रहेंगे प्लिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे

उन्होंने आशा जताई कि यह त्योहार सामाजिक संबंधों को सशक्त करेंगे

आकाशवाणी से बात करते हए जिला प्लिस अधीक्षक ज्म्मार बासार ने बताया कि इस अभियान का आगाज करते हुए जिले के प्लिस विभाग के कर्मचारी अपनी वेतन का क्छ भाग देकर इस अभियान में योगदान दे रहे है अबतक प्लिस विभाग ने चालिस जरुरतमंद परिवारों की मदद की है

अस्पताल प्राधिकारी ने बताया कि संबद्ध अस्पताल में कोविड ब्खार क्लीनिक और केज्एलीटी रुम में बिना मास्क पहने आने वाले मरीजों को यह मास्क दिया जाएगा

एन्ड्रोएट और आई फोन दोनों तरह के स्मार्ट फोन पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है यह खास एप आसपास मौजूद कोरोना पोजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करता है मोबाईल के ब्लूटूथ स्थान और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कोरोना से जंग में जीत हासिल कर सकते है

मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए कोई विशेष ट्रेन चलाने की भी योजना नहीं है मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि सभी संबंधित पक्षों को इस बात को समझ लेना चाहिए और इस बारे में किसी तरह की गलत खबर फैलने से रोकना चाहिए क्छ क्षेत्रीय चैनल ने खबर चलाई थी कि प्रवासी मजद्रों के लिए रेलवे मुंबई से विशेष ट्रेनें चलाएगा

उन्होंने विश्व सवास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया कि उसने नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद के मामले में ठीक से प्रबंधन नहीं किया और सही जानकारी नहीं दी ट्रम्प ने कहा कि अमरीका विश्व स्वास्थ्य संगठन को चालीस करोड़ से पचास करोड डॉलर हर वर्ष देता रहा है